मानव श्रंखला देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बन्द करने की अपील की है आज राज्य सरकार द्वारा देहरादून में पॉलीथीन मुक्त ग्रीन दून मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव श्रेखंला का निर्माण किया गया इसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा स्कूली बच्चों स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया

यह मानव श्रृंखला मियांवाला से मसूरी डायवर्जन घंटाघर जीएमएस रोड सहारनपुर रोड होते हुए घंटाघर तक बनाई गई इस दौरान मुख्यमंत्री महापौर नगर निगम सुनील उनियाल गामा द्वारा मानव श्रृखंला में प्रतिभाग कर रहे समस्त प्रतिभागियों का अभिवादन किया गया मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो आह्वान किया है देहरादून इसमें लीड ले चुका है उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त स्वस्थ सुंदर और ग्रीन दून बनाने के लिए सभी देहरादून वासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्लास्टिक का इस्तेमाल सामाजिक बुराई बन गई है मानव जीवन और जीव जन्तुओं पर इसके अनेक दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं पॉलीथीन मुक्त देहरादून के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है इसके काफी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए जन सहयोग के साथ ही सभी को पॉलीथीन का उपयोग न करने का दृढ़ निश्चय करना होगा

यह छापेमारी उत्तराखंड आन्ध प्रदेश चंडीगढ़ दिल्ली गुजरात हरियाणा कर्नाटक तमिलनाडु तेलंगाना और में की जा रही है

कांग्रेस प्रत्याशी पिथौरागढ़ उपचुनाव में सुश्री अंजू लुंठी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने के बाद अंजू लुंठी को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर चुनाव में जनता के बीच जायेंगे इस बीच नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया

सात नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी

कल क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पद के लिए मतदान होगा इस बार के चुनाव में खास बात ये रही है कि अब तक पांच जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा चुके हैं चार जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं इसके अलावा प्रदेशभर में सत्ताईस ब्लॉक प्रमुख अट्ठाइस ज्येष्ठ उप प्रमुख और उन्नतीस कनिष्ठ उप प्रमुख नाम वापसी के बाद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं सोमवार को नामांकन वापसी का दिन था चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया यहां पर तीनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में बने हैं जबकि नारायणबगड़ के कोठली वार्ड से निर्वाचित लक्ष्मण सिंह का जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होना तय है देवाल ब्लाक में क्षेत्र पंचायत प्रमुख ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन होना तय है उधर बागेश्वर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के पदों पर नाम वापसी की तिथि खत्म होने के बाद अब जिला पंचायत और ब्लाकों में स्थिति साफ हो गई है

गरुड़ ब्लाक में कोवल ज्येष्ठ उपप्रमुख पद पर ही चुनाव होगा प्रमुख और कनिष्ठ उपप्रमुख पदों पर प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए है

उसके बाद मतगणना और परिणामों की घोषणा होगी

जिसमें कुछ वन कर्मियों की जाने भी गई हैं सुरक्षा को देखते हुए अब वन विभाग वन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है पार्क क्षेत्र में गश्त करने वाले दैनिक वन कर्मियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए साथ ही अलग अलग क्षेत्र में तैनात वन कर्मियों से बाघों और अन्य वन्यजीवों के हमलों से बचाव के लिए सुझाव भी मांगे गए गश्त करने वाले वन कर्मियों को आत्मरक्षा के लिए भाले भी दिए जाएंगे जिससे वो खुद को जंगली जानवरों के हमलों से बचा सकें

केंद्र सरकार की इंटिग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के तहत जिले में कैश योजना का शुभारम्भ हो गया है जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास पीएस बृजवाल ने बताया कि इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्वियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण के बाद इन कार्यकर्वियों को विभिन्न विभागीय जानकारियां मिलेंगी वहीं प्रतिदिन का डेटा जैसे गृह भेंट नियोजन दैनिक पोषण आहार टेक होम राशन वितरण मासिक प्रगति रिपोर्ट की जानकारी विभागीय अधिकारियों को स्मार्टफोन के माध्यम से मिल जाएंगी इसके साथ ही कार्यकर्रियों को कागजी कार्यों से भी मुक्ति मिल जायेगी विदेशी यात्री चारधाम और हेमकुंड साहिब में इस बार बड़ी संख्या में यात्री दर्शनों के लिए पहुंचे हैं जहां देशभर से श्रद्धालुओं यात्रा करने आए वहीं विदेशी यात्रियों की संख्या में इस बार काफी बढ़ी है पर्यटन विभाग के अनुसार इस साल कई देशों के हजारों यात्री चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने उत्तराखंड आए विदेशी यात्रियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन विभाग उत्साहित है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम की बढ़ती लोकप्रयिता के कारण विदेशी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर प्रचार प्रसार किया यात्रियों की सुगमता के लिए सोशल मीडिया और पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उत्तराखंड से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं

इस मौके पर अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल ने कहा कि चिकित्सालय में आक्सीजन सप्लाई की बहुत जरूरत थी अब ऑक्सीजन आपूर्ति से जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिला प्रशासन कई पहल कर रहा है इमरजेन्सी वार्ड को भी जल्द इस प्लांट से जोड़ा जायेगा ताकि इमरजेन्सी में आने वाले मरीजो को भी आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन उपलब्ध करायी जा सकें मेरे युवा मेरी शान समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि युवाओं की मंशा के अनुरूप प्रदेश का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है

इसको लेकर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना की वर्षगांठ इस वर्ष प्रदेश सरकार अनूठे तरीके से मना रही है प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार द्वारा प्रदेशवासियों से जुड़ने और उनसे दोतरफा संवाद कायम करने का कार्य किया जा रहा है इसके साथ ही विभिन्न आयोजनों में उत्तराखण्ड की महान विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है युवा सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश के विकास में युवाओं की सोच को जानने का मौका मिलेगा

इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों की बैठक की और कार्यक्रम की तैयारियों के लिए अहम निर्देश दिए धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराख़ डमें विभिन्न राज्यों के लगभग दस हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिये पूरे देष की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी